यह बैठक मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी पहली बैठक श्रम और कौशल विभाग को लेकर शुरू हो गई है वहीं दूसरी बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को लेकर की जाएगी

इन बैठकों में संबंधित विभाग के आला अधिकारी और सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेज बढ़ रहे हैं वहां जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन रात्रि कफ्यू कन्टेनमेंट सहित अन्य पाबंदिया लगा सकते हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों परिवहन और अन्य आवागमन के दौरान लापरवाही के कारण तेजी से मामले बढ़े हैं ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना जरूरी है श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोग हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन आवश्यक है लेकिन वहां हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराई जाए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है भूमि पूजन समारोह कल होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा लेंगे उनके साथ देशभर से और नेपाल से अनेक धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और संतों के भी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है वहीं प्रदेश के सभी अंचलों से भूमि पूजन के लिए धार्मिक स्थानों से पत्थर मिट्टी और जल के साथ चांदी की ईंट भी नींव में लगाने के लिए अयोध्या भेजी गई है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज जैसलमेर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया उन्होंने इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रामलला के भूमि पूजन मंदिर से संबंधित संदेश पढ़ा संदेश में श्रीमती गांधी वाड्रा ने आहवान किया कि भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यकम बने

प्रस्तावित नीति की परिकल्पना रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशानिर्देश दस्तावेज के रूप में की गई है जिसमें देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृतलाल जीनगर को एक दलाल सहित दो लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ़तार किया है ब्यूरो की टीम जब आरोपी एसएसपी को श्रीगंगानगर ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा रही थी इसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मी ने ब्यूरो के उपाधीक्षक पर फायरिंग कर दी जिसमें वे सुरक्षित बच गए

बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें